उच्च जोखिम वाले राज्यों की सूची में झारखंड अब भी शामिल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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें

उन्होंने ने पक्षी निहारन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा से ही पक्षियों को देखने के शौकीन लोगों के प्रशंसक रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई पक्षी निहारन संगठन सक्रिय हैं जिनसे लोगों को जुड़ना चाहिए

उन्होंने कहा कि ग्रु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूजते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपने संस्थानों में पूर्व छात्रों के रूप में योगदान करना चाहिए उन्होंने कहा कि आईआईटी के पूर्व छात्रों ने अपनी आईआईटी में सम्मेलन कक्ष प्रबंध केन्द्र और इनक्यूबेशन केन्द्रों का निर्माण किया है उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से मौजूदा छात्रों की पढ़ाई में सुधार होता है श्री मोदी कहा कि आईआईटी दिल्ली ने एक अक्षयनिधि शुरू की है जो एक शानदार विचार है उन्होंने कहा कि विश्व के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में इस तरह की निधि स्थापित करने की संस्कृति है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व छात्र अपने संस्थानों के प्रौद्योगिकी उन्नयन भवनों के निर्माण पुरस्कार छात्रवृत्ति और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो के विचारों में बहुत गहराई है उन्होंने युवाओं से इस महान व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो ने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान डिग्री या नौकरी का माध्यम नहीं माना था श्री अरबिंदो का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो यूवा पीढ़ी के दिलों और दिमाग को भी प्रशिक्षित करे श्री मोदी ने कहा कि आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से श्री अरबिंदो की दुष्टि को पुरा कर रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भुईयाँ जाति की नौ उप जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान टीआरआई के प्रतिवेदन को स्वीकृति दे दी है ये उपजातियां क्षत्रीय पाईक खंडित पाईक कोटवार प्रधान मांझी देहरी क्षत्रीय खंडित भुईयाँ और गड़ाही गहरी शामिल हैं मुख्यमंत्री ने टीआरआई के प्रतिवेदन को अनुमोदित करते हुए उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जाने को प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है

ये उपजातियां दक्षिणी छोटानागपुर के रांची खुंटी गुमला सिमडेगा पूर्वी सिंहभुम पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां क्षेत्र में पायी जाती हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एनसीसी ने देश के संविधान के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाया है यह हमारे लोकतंत्र और सामान्य नागरिक के लिए गौरव की बात है मुख्यमंत्री एनसीसी रांची द्वारा आयोजित संविधान दिवस के समापन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि झारखण्ड में रांची और हजारीबाग में एनसीसी बटालियन का कार्यालय है करीब बत्तीस हजार नौजवान इससे जुड़े हए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी का डायरेक्टरेट पटना में है झारखण्ड में भी अगर इसकी स्थापना हो सके तो एनसीसी को बड़ा बल मिलेगा एनसीसी के नौसेना विंग के प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए झारखण्ड में भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं बहत आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है उन्होंने कहा कि राज्य का फ्लाइंग एकेडमी वाय सेना के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इसके लिए एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है राज्य सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी इसके लिए उद्योग विभाग और फिक्की के बीच जल्द ही एमओयू होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एमओय प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है एमओय के उपरांत दो साल की अवधि तक फिक्की झारखंड सरकार के नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में कार्य कर सकेगी इस एमओय का मकसद पोस्ट कोविड में फिक्की के साथ मिलकर सतत आर्थिक विकास और हालात को मजबूत करते हुए पहले जैसी स्थिति में वापस लाना है

झारखंड में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है कम जोखिम वाले राज्यों की सूची से झारखंड अब भी बाहर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल देश के सर्वोच्च बीस उन राज्यों की सुची जारी की थी जहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या दो फीसदी और उससे अधिक है इधर झारखंड में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के दो सौ नौ नए संक्रमित मिले हैं अब तक राज्य में कल संक्रमितों की संख्या एक लाख आठ हजार पांच सौ सतहतर हो गई है राज्य में अब दो हजार एक सौ बासठ सक्रिय मामले हैं प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पिछले तीन दिनों में संक्रमण की रफ्तार कम हई है कल राज्य भर में बत्तीस हजार पांच सौ चौरासी सैंपलों की जांच की गई मरीजों के स्वस्थ होने की दर संतानबे दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है वहीं मृत्यु दर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है ये राज्य के लिए सकारात्मक खबर है लोहरदगा जिला मे कोरोना जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया गया सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने बताया कि कोरोना जांच के लिए जिले में लगाये गये विशेष कैंप के दूसरे दिन रैपिड एंटिजेन टेस्ट के जरिये दो हजार तीन सौ पैंतालीस आरटीपीसीआर के जरिये तीन सौ तेईस और ट्रनेट के जरिये तीन सौ तेरह समेत कुल दो हजार नौ सौ इक्यासी सैंपल एकत्रित किये गये सिविल सर्जन ने बताया कि आज ट्रू नेट के छियासठ सैम्पलों की रिपोर्ट आयी जो नेगेटिव है राज्यभर में इन दिनों सरकार की ओर से धान खरीद की प्रक्रिया चल रही है इसके लिए प्रखण्ड स्थित सरकारी कार्यालयों में आवेदन दिये जा रहे हैं

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव और पूर्व सांसद भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने मुख्यमंत्री एवं राज्य के कृषि मंत्री को पत्र लिखकर जल्द ही राज्य में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की है उन्होंने कहा है कि धान की अच्छी फसल इस बार हई है किसान धान काट कर निकालने का काम कर चुके हैं क्रय केंद्र नहीं ख्लने के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधे दाम पर धान बेचा जा रहा है श्री मेहता ने कहा है कि बिचौलियों व व्यापारियों से किसानों को बचाने के लिए जल्द ही पूरे राज्य में पैक्स के माध्यम से धान क्रय केंद्र खोलने की जरूरत है उन्होंने कहा कि किसानों के चल रहे आंदोलन को वाममोर्चा एवं विपक्षी दलों ने भी समर्थन की घोषणा की है आने वाले समय में इसको लेकर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी और जब तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा उन्होंने आगामी रणनीति को लेकर दो नवंबर को रांची में विपक्षी व वाम दलों की बैठक बुलाने की बात कही है बीएसएनल रांची बिजनेस एरिया के महाप्रबंधक उमेश प्रसाद साह ने कहा कि आने वाले समय में झारखंड में एफटीटीएच के माध्यम से लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने कहा है कि पूरे देश में तीस नवंबर तक दस लाख एफटीटीएच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है झारखंड में तीस हजार लोगों तक यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है उन्होंने कहा है कि आने वाले इकतीस मार्च तक सात हजार और लोगों को भी एफटीटीएच के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उन्होंने कहा कि विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है श्री साह आज हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

रामगढ़ जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आज मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप का आयोजन किया गया इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ मोहम्मद आबिद हसैन के द्वारा कई बूथों का निरीक्षण कर कार्यों की जानकारी ली गई

इस दौरान उन्होंने बूथों पर मौजूद नए मतदाताओं को गुलाब का फूल देते हुए अपने मत का सही इस्तेमाल करने का आग्रह किया

साथ ही मतदाता सूची से नाम हटाने और संषोधन का कार्य भी इस दौरान किया जायेगा नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती विद्याथियों का संगठन नवोदय स्वयंसेवी संस्था की ओर से प्रेस क्लब राँची में अखिल झारखण्ड नवोदय एलमनी मिलन समारोह सह कोरोना वारियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया मुख्य अतिथि विधायक सुदेश महतो ने कहा कि गैरसरकारी संस्था नवोदय समाज को और अधिक सशक्त एवं मजबूत करने के दृष्टिकोण से बहत ही सराहनीय कार्य कर रही है संस्था के कार्यो से समाज के गरीब वंचिंत एवं पिछड़ों को लाभ मिलेगा और सशक्त समाज का निर्माण होगा इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष बी अनिल कुमार व सचिव मदन मोहन महतो सहित अन्य लोगों ने भी विचार रखे